सरकारी सूचना के अन्सार आज कोरोना पॉजिटिव के तीन नये मामले सामने आये हैं जिनमें से एक बच्चा भी है इन तीन मामलों में दो देहरादून और एक नैनीताल से है

नौ लोगों को इलाज के बाद छ्ट्टी दे दी गई है

कैबिनेट बैठक प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यालयों में प्रत्येक आमजन को मास्क पहनना आवश्यक कर दिया गया है

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अन्रूप दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया गया

सार्वजनिक स्थल पर थ्कने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर ज्र्माना लगाया जाएगा केंद्र सरकार के आदेश के अन्सार उदयोगों को खोले जाने के विषय में भी निर्देश जारी किये गए हैं इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उदयोग और इंडस्ट्रियील एस्टेट के सभी उदयोग खोले जाने की व्यवस्था की गई है हालांकि सभी उदयोगों को जिलाधिकारियों से कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करनी होगी साथ ही गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा कोरोना अपडेट पौड़ी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में पौड़ी जिले को सफलता मिली है यही कारण है कि केंद्र सरकार दवारा जिले की सराहना की गई है

ग्राम पंचायतों दवारा गांवों में आने वाले एक एक आदमी की सूचना प्रतिदिन जिला मुख्यालय को दी जाती है

संक्रमण रोकने के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से स्वयंसहायता समूहों के सहयोग से मास्क तैयार करवा रहा है ताकि इसकी आपूर्ति में कमी न हो

सचिवालय और विधानसभा में सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यालय में मौजूद रहे आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यो को निपटाया उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अन्रूप ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा

अभी तक उन्नीस हज़ार पांच सौ आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं बदरीनाथ धाम कपाद कोरोना संकट के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट ख्लने से पूर्व के सभी उत्सव पर्व टाल दिए गए हैं

तेल कलश शोभा यात्रा को भी टाल दिया गया है शोभा यात्रा में मात्र दो चार लोग ही शामिल होंगे इस के साथ विश्व धरोहर रम्माण तिमुंडया बीर गरुड़ छड़ा सहित कई उत्सव टाल दिये गए हैं

इन सभी खातों में इस योजना की रकम आने से खाते से जुड़े लाभार्थी खुश हैं

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष डेमो देते हए वैज्ञानिक शाबिर अहमद ने कहा कि इस मशीन के द्वारा नल और साबुन को छुए बिना हाथ धोया जा सकता है इस मशीन में पानी और साब्न का कंट्रोल पैरों से किया जाता है मशीन में दो पेडल हैं जिनसे आवश्यकतान्सार पानी और साब्न का इस्तेमाल किया जा सकता है

डेमो के बाद म्ख्यमंत्री ने कहा कि यह हैंडवॉश मशीन सार्वजनिक स्थलों के लिए कारगर साबित होगी

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने इसका आदेश जारी किया है जिसके बाद परिसर के लोग निर्धारित समय में परिसर के बाहर जा सकेंगे आपको बता दें कि एफआरआई के तीन आईएफएस अधिकारियों में कोरोना की प्ष्टि हई थी जो की परिसर में भी दाखिल हए थे

उधर हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एनसीसी के कैडेट्स लॉकडाउन को अमल कराने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं इस बीच नैनीताल के कर्फ्यू प्रभावित बनभूलप्रा में जिला प्रशासन की ओर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई